मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को दो हफ्ते तक बढ़ाने का सुझाव दिया है जिस पर सरकार विचार कर रही है

पंजाब और ओडिशा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं

प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाला से लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने पर दो बार चर्चा कर चुके हैं

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और इस माह में त्योहारों को देखते हुए किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति न दो जाए मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और लोक सद्भाव बनाये रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है

गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन के अनुपालन के लिए प्रशासन सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग लें राज्यों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है सरकार ने कहा है कि अब तक देश में सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और घबराने की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की जरूरत है श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक करोड गोलियों की आवश्यकता है और अभी सवा तीन करोड़ से अधिक गोलियों का भण्डार है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

चार सौ तिरसठ लोगों के खिलाफ जमाखोरी और कालाबाजारी करने पर कार्रवाई की गई प्रदेश में अब तक लगभग बीस हजार वाहनों को लॉकडाउन उल्लंघन करने के दौरान सीज किया गया प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कूमार अवस्थी ने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य निजी संस्थाओं द्वारा वितरित किये जा रहे भोजन और राशन सामग्री वितरित करने के लिये गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सभी मंडलायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिये दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि संस्थाएं अपने क्षेत्र के निकटतम कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही भोजन बंटवाना सुनिश्चित करे श्री अवस्थी ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये संस्थाओं की मानिटरिंग प्रतिदिन जनपद के कंट्रोल रूम द्वारा थाना स्तर पर की जाये पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने कोरोना प्रभावित जनपदों में निःशुल्क भोजन जिला प्रशासन के माध्यम से ही वितरित कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं देश में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस ऐप को बहुत प्रभावी मान रहे हैं और इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी कोई चिंता भी नहीं है लोगों के निजी आंकड़ों की निगरानी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें झूठी और निराधार हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से अपील की है कि वे आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को बढ़ावा दें ताकि कोरोना के विरूद्ध संघर्ष में पूरा देश एकजुट हो सके केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने इस ऐप को बहुमूल्य बताते हुए कहा कि इससे संक्रमित व्यक्तियों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस के विरूद्ध लड़ाई में काफी उपयोगी है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने कहा है कि प्रदेश की जेलों में बंद कैदी पूरे जोश के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क सनिटाइजर और पीपीई किट बनाकर अपना योगदान दे रहे हैं

उन्होंने कहा कि ये कैदी इस जंग के गुमनाम नायक हैं और यह मेहनत उनके चरित्र और व्यक्तित्व पर दूरगामी परिणाम डालेगी

कई सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को भी दिये जा रहे हैं

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आज नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के उद्देश्य से शुरू किया गया है

उन्होंने कहा कि शिक्षाविद भी अपनी विशेषज्ञता से योगदान कर सकते हैं ताकि मौजूदा ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की कमियों का पता चले और उसे बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के बाद आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई की मांग काफी बढ़ गई है और इनकी कीमत भी अधिक है जिसको ध्यान में रखते हुए कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बहुत कम कीमत वाले व्यक्तिगत सुरक्षा ड्रेस तैयार किया गया है जिस पर सौ रूपये से भी कम की लागत आयेगी

समाप्त